उन्होंने कहा कि इससे कोविड नाइन्टीन के साथ साथ वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी उन्होंने स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के लिए जनपदवार नामित नोडल अधिकारियों को संबंधित जनपदों के कार्यो की समीक्षा करने के निर्देश दिए लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के उपायों के प्रति निरन्तर जागरूक किया जाए उन्होंने कहा कि महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी और मास्क के उपयोग को जीवनशैली का अंग बनाने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने वालों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन से सुरक्षा संबंदी प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन कराया जाए मुख्यमंत्री ने गोरखपुर वाराणसी आजमगढ़ बलिया देवरिया झांसी कानपुर नगर और बरेली जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि अधिक संक्रमण वाले जनपदों में मेडिकल जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन का उपयोग किया जाए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की जांच क्षमता में निरन्तर वृद्धि करने के निर्देश देते हए कहा कि टेस्टिंग क्षमता को पचास हजार टेस्ट प्रतिदिन किया जाए उन्होंने कहा कि आरटी पीसीआर से तीस हजार टेस्ट रैपिड एन्टीजन टेस्ट से अट्ठारह से बीस हजार और टूनेट मशीन से दो से ढाई हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों में नया अकादमिक सत्र श्रू करने के सम्बंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं आधिकारिक बयान में कहा गया है कि स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया सितम्वर माह से शुरू हो जाएगी और स्नातक के प्रथम वर्ष की कक्षाएं एक अक्टबर से लगेंगी स्नातकोत्तर की कक्षाएं एक नवम्बर से शुरू होंगी हालांकि स्नातक के प्रथम वर्ष के अतिरिक्त अन्य वर्षो के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन चार अगस्त से किया जाएगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि पाठ्यक्रम के अनुसार कम से कम पैंतालीस दिनों की ऑनलाइन पढाई सनिश्चित की जाएगी और इसके बाद विद्यार्थी समूहों को सामाजिक दरी के नियम का अनुपालन करते हुए कक्षाओं के लिए बुलाया जा सकता है प्रवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और स्नातक कक्षाओं के लिए दाखिले की प्रक्रिया पन्द्रह सितम्बर तथा स्नातकोत्तर के लिए इकत्तीस अक्टूबर तक पूरी करनी होगी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की बारहवीं की परीक्षा में एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है

लड़कों की तुलना में लड़कियों का प्रदर्शन लगभग छह प्रतिशत बेहतर रहा इस वर्ष अटठासी प्रतिशत से अधिक छात्र उर्तीण हर जो पिछले वर्ष की तलना में पांच प्रतिशत अधिक है परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट सी बी एस ई रेजल्टस डाट एन आई सी डाट इन पर देखे जा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा में उत्तीर्ण हए समी छात्र छात्राओं को बधाई देते हए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है अपने टवीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी मेघा व मेहनत के बल पर सफल हए विद्यार्थियों को सरकार सम्मानित करेगी

मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह सड़सठवीं कड़ी होगी लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आंमत्रित किया गया है लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर डॉयल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जी ओ वी पर संदेश लिख सकते हैं आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में हम कोविड नाइन्टीन पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर संजय पांडेय ने कहा कि संक्रमण से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना जरूरी है मास्क की जरूरत इंसानों को है जिनको हेत्थ सेक्टर में अगर वह काम कर रहे हैं या उनका बायरेक्ट किसी कोरोना के मरीज के इलाज में या उनके क्वारंटाइन में उनकी भूमिका है लेकिन अगर आप घर में रह रहे हैं और स्वास्थ है और आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है अभी फ्लू के लक्षण नहीं है तो आप को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा से तराई क्षेत्र की नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से बारह सेंटीनीटर ऊपर वह रही है जनपद में निचले इलाकों में बाढ का पानी प्रवेश करने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उघर नेपाल में हो रही भारी वर्षा और वात्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण कुशीनगर जिले में बूढ़ी गण्डक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है जनपद के खड्डा क्षेत्र के मरिचहवा बसंतपुर शिवपुर हरिहरपुर समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं वहीं महराजगंज जिले में पहाड़ी नदियों भौरहिया व चन्दन का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गयी है इससे भारत नेपाल सीमा पर स्थित लक्ष्मीपुर खुर्द समेत अन्य सीमावर्ती गांवों में बाढ़ का खतरा और गहरा गया है